विश्व जल दिवस के अवसर पर आज जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण के अभियान का वर्च्अल तरीके से श्भारंभ करते हए श्री मोदी ने कहा कि जल स्रक्षा और जल प्रबंधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि देश के विकास के साथ साथ ही जल संकट की च्नौती गंभीर होती जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह आने वाली पीढियों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में जल अभिशासन को प्राथमिकता बनाया है इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केन बेतवा संपर्क परियोजना पर अमल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष योजना के तहत एक पहल है इधर लोहित जिले के तेजू में भी विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया

इसका उद्देश्य लोगो के बीच जल संरक्षण के लिए जन जागरुकता पैदा करना है

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन पर्यटन मंत्री नाकाप नालो सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश अभियान के तहत राज्य में कोविड महामारी से प्रभावित प्रयटन क्षेत्रो को गति देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरु किया गया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर प्रतिभागियो को वर्ष दो हजार इक्कीस में राज्य के कम से कम दस पर्यटन स्थलो के भ्रमण की शपथ दिलाई अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो अपना प्रदेश अभियान का मकसद राज्य के लोगो को प्रदेश के सूदुर इलाको का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने और पर्यटन को बढ़ावा देना है मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने पर्यटको के तीन समूह को रवाना किया जो आगामी सप्ताह में निर्धारित पर्यटन सर्किट को कवर करेंगे

झील परिसर के अंदर तीन अलग अलग पगंडडियो मे पेदल यात्रा की गई आयोजन के दौरान क्ल मिलाकर एक सौ इक्तीस फूलो के प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया जिनमे से सात द्र्लभ श्रेणी के पौधे थे इसके अलावा तितलियों की बीस प्रजातियो और पक्षियों की तीस प्रजातियां भी प्रदर्शित की गई इस कार्यक्रम का श्भारंभ करते हए पर्यावरण एवं वन मंत्री के सलाहकार क्मसी सिडिसो ने लोगो से वन वन्य जीवो और वनस्पतियो के संरक्षण की अपील की वही रोइंग में लोअर दिबांग वैली जिले के उपायुक्त के॰एन॰ दाम् ने विश्व वानिकी दिवस पर मेहमानो छात्रो और प्रस्तकालय स्वयंसेवको की एक सभा को संबोधित करते हए पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाये रखने का आहवान किया उन्होंने वन्य जीवो का शिकार न करने और उनके संरक्षण में सहयोग की अपील की

इस बैठक में देश के विभिन्न हिस्सो से पंजीक़त निर्यातको राज्य के पचीस जिलों के किसानो और बारह किसान उत्पादक कंपनियों के म्ख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित प्रम्ख हितधारको ने हिस्सा लिया

एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस दौरान किसी भी कोविड रोगी को अस्पताल या कोविड केंद्र से छ्ट्टी नही दी गई